अब तक दो लाख तेईस हजार एक सौ तिरपन मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राजधानी पटना समेत प्रदेशभर की प्रमुख नदियों गंगा कोसी गंडक बागमती सोन के अलावा तालाबों जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भागवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया कोरोना संक्रमण को देखते हुये व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया अर्घ्य देने के लिये आज अहले सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंच चुके थे बड़ी संख्या में दूर दराज से आये व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया इस दौरान पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था जिला प्रशासन विभिन्न छठ प्रजा समितियों और स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे व्रत के समापन के बाद कई प्रजा समितियों की ओर से व्रतियों और अन्य श्रद्वालुओं के लिये जलपान की व्यवस्था की गयी सभी घाटों पर लॉउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आवश्यक सूचनाएं दी जाती रही इधर प्रशासन की ओर से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को छठ घाट पर नहीं ले जाने की अपील की थी विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुये औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि देव स्थित सूर्य मंदिर के अलावा सोन बटाने पुनपुन और अदरी नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया

विधान परिषद् के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को मतदान हुआ था जबकि मतगणना बारह नवम्बर को हुई थी विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार कोसी से भाजपा के एन के यादव दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के देवेश चन्द्र ठाकुर निर्वाचित हुये हैं जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा तिरहुत से सीपीआई के संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के ही केदारनाथ पांडेय निर्वाचित हुये हैं इन आठ सदस्यों में से सात फिर से चुन लिये गये हैं जबकि मात्र एक सर्वेश कुमार परिषद् के लिए पहली बार निर्वाचित हुये हैं इधर सत्रहवीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को तेईस नवम्बर से शपथ दिलायी जायेगी विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रहवीं विधानसभा की पहली बैठक तेईस से सत्ताईस नवम्बर तक होगी तेईस और चौबीस तारीख को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जायेगी जबकि पच्चीस नवम्बर को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चूनाव होगा छब्बीस नवम्बर को राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सत्ताईस नवम्बर को दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख तेईस हजार एक सौ तिरेपन मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि वर्तमान में प्रदेश में पांच हजार छह सौ तीन सक्रिय मरीज हैं इस वैश्विक महामारी से अब तक एक हजार दो सौ बारह लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के चार सौ पंचानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ तिरासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय में बाईस मुजफ्फरपुर में इक्कीस भागलपुर में उन्नीस पूर्णिया में अट्ठारह सहरसा में सोलह समस्तीपुर और सारण में पन्द्रह पन्द्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चार प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड उन्नीस से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया साउंड बाईट चार चीजे हाथ अपने साफ रखने है मास्क हमेशा पहनना है फिजिकल डिस्टॅसिंग रखनी है और खांसी जूखाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घरवालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि एंटीवायरल दवा रेमडेसिवीर को पूर्व अहर्ता सूची से हटा दिया गया है यह दवा अक्सर कोरोनो वायरस संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल की जाती है इस दवा को नकारात्मक अनुशंसाओं के कारण आधिकारिक सूची से हटाया गया है रेमडेसिवीर की ओर कोविड उन्नीस के उपचार में प्रभावी दवा के तौर पर दुनिया भर में ध्यान आकर्षित हुआ था और इसका उपयोग अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पवर्तीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण राज्य के मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है जिससे राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में सुबह और शाम में ठंड बढ़ गयी है आज महापर्व छठ के दौरान उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के दौरान भी श्रद्धालु गर्म कपड़ों में नजर आये मौमस विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक चंदन कुमार ने कहा है कि अगले एक दो दिनों में ठंड में वृद्धि होगी और महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है

अब तक दो लाख तेईस हजार एक सौ तिरपन मरीज हो चुके हैं स्वस्थ